कांग्रेस ने आज दूसरे चरण के लिए अपने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर शेष अट्ठारह उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की दर्ग ग्रामीण से प्रतिमा चंद्राकर की जगह ताम्रध्वज साह को उम्मीदवार बनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की अट्ठारहवीं वर्षगांठ के अवसर पर आज से रायपुर में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेसवार्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए आज पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान विभिन्न समीक्षा बैठकों के बाद आज शाम रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री रावत ने बताया कि बस्तर संभाग के कृछ स्थानों में हाल के दिनों में हई हिंसा की घटनाओं को देखते हए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा तैयारियों की आज व्यापक समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का उपयोग माओवाद प्रभावित इलाकों में शांति और व्यवस्था कायम करने के साथ ही स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के लिए भी किया जा रहा है उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी मतदानकर्मियों के साथ ही अर्द्व सैनिक बलों और निर्वाचन कार्य में तैनात पुलिस बल के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान की है साथ ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान धनराशि टोकन शराब नशीले पदार्थ या अन्य उपहार सामग्री का वितरण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि आयोग ने बस्तर इलाके में मतदान के दौरान अमिट स्याही ना लगाने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया है इस चुनाव में भी इन इलाकों में मतदाताओं को वोटिंग के दौरान यह स्याही लगाई जाएगी निर्वाचन आयुक्त बैठक इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने आज रायुपर में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की बैठक में निर्वाचन आयोग ने कानून व्यवस्था आदर्श आचार संहिता के अनुपालन ईव्हीव्हीएम वीवीपैट और निर्वाचन व्यय निगरानी जैसे बिन्दुओं पर मार्गदर्शन दिया

श्री रावत ने प्रदेश के सभी संभागों के आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की भी बैठक ली इस अवसर पर श्री रावत ने मतदाता जागरूकता के तहत चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम की सराहना की उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता के तहत विभिन्न आयोजनों के माध्यम से युवा मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है श्री रावत ने विभिन्न आयोजनों के साथ सोशल मीडिया को भी जागरूकता लाने के लिए एक बेहतर मंच बताया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसके पहले रायपुर के सर्किट हाउस में बने मतदाता जागरूकता के सार्थक प्रयासों को दर्शाती रंगोली का अवलोकन किया कांग्रेस प्रत्याशी सूची प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने आज अपने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है इस सूची में कुल उन्नीस उम्मीदवारों के नाम हैं कांग्रेस इससे पहले चार सूचियां जारी कर बहत्तर सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी आज जारी पांचवीं और अंतिम सूची में शेष अट्ठारह सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के साथ ही पहले घोषित एक सीट दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है दुर्ग ग्रामीण से प्रतिमा चंद्राकर की जगह कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुर्ग से लोकसभा सासंद ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया है इसके अलावा कांग्रेस ने रायपुर उत्तर सीट से कुलदीप जुनेजा रायपुर दक्षिण से कन्हैया अग्रवाल बिलासपुर से शैलेष पांडेय रायगढ़ से प्रकाश नायक पंडरिया से ममता चंद्राकर वैशाली नगर से बदरूद्दीन कुरैशी धमतरी से गुरूमुख सिंह होरा कुरूद से लक्ष्मीकांता साहू धरसीवां से अनिता शर्मा लैलूंगा से चक्रधर प्रसाद सिदार बिल्हा से राजेन्द्र शुक्ला जैजैपुर से अनिल कुमार चंद्र बसना से देवेन्द्र बहादुर सिंह संजारी बालोद से संगीता सिन्हा गुंडरदेही से कुंवर सिंह निषाद बेमेतरा से आशीष छाबड़ा और नवागढ़ से गुरदयाल सिंह बंजारे को प्रत्याशी घोषित किया है वहीं कोटा सीट से कांग्रेस ने इस बार डॉक्टर रेणु जोगी की जगह विभोर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी नब्बे सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा कर चुकी है पार्टी ने कल एकमात्र बची हुई सीट रायपुर उत्तर से श्रीचंद सुंदरानी को अपना उम्मीदवार घोषित किया विस चुनाव नामांकन प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल नामांकन भरने की अंतिम तिथि है बहत्तर सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने आज अपने अपने जिलों में एक साथ नामांकन दाखिल किया भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल धरमलाल कौशिक और हर्षिता पांडेय सहित सात उम्मीदवारों ने बिलासपुर में अपना नामांकन दाखिल किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवीर दास उपस्थित थे दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने भी आज सभी बहत्तर सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच तीन नवंबर को की जाएगी और पांच नवंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे गौरतलब है कि प्रदेश में दो चरणों में चुनाव हो रहा है प्रथम चरण में अट्ठारह सीटों के लिए बारह नवंबर को और दूसरे चरण में बहत्तर सीटों के लिए बीस नवंबर को मतदान होगा

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज कवर्धा और बिलासपुर जिले का दौरा किया आज जिले के गृंधमुनि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदान में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया इस बीच पता चला है कि मुख्यमंत्री की राजनांदगांव में प्रस्तावित सभा आज स्थगित कर दी गई अब वे आगामी पांच नवंबर को इस इलाके में सभा लेंगे सुरजेवाला प्रेसवार्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि नौ सालों में छत्तीसगढ़ में एक सौ इकसठ से अधिक चिटफंड कंपनियों ने एक करोड़ लोगों को ठगा है आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में श्री सुरजेवाला ने कहा कि अब तक प्रदेश में बीस लाख निवेशक परिवारों और एक लाख एजेंटों से करीब पांच हजार करोड़ रूपये की ठगी हुई है उन्होंने कहा कि इस मामले में तीन सौ से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बाद भी किसी भी व्यक्ति को उनके पैसे वापस नहीं मिल पाए हैं उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के आला अधिकारी रोजगार मेलों के माध्यम से इन चिटफंड कंपनियों को शामिल होने का मौका देते रहे हैं श्री सुरजेवाला ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो चिटफंड कंपनियों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रभावित लोगों के पैसे लौटाने का प्रयास किया जाएगा

इस अवसर पर राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है अटल नगर के तृता स्थित पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग और व्यापार परिसर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत पहले दिन आज बस्तर बैंड के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे इसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात राज्य के कलाकारों द्वारा कार्यक्रम पेश किया जाएगा आयोजन में मुम्बई के पार्श्वगायक नीति मोहन और उनकी कला मंडली द्वारा भी विशेष प्रस्तुति दी जाएगी

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़वासियों को बधाई देते हए प्रदेश के सर्वागीण विकास और सभी वर्गों के कल्याण की कामना की है प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने पुरुषार्थ और श्रम साधना के बल पर प्रदेश की जनता ने एकजुट होकर विकास के जो प्रतिमान गढ़े हैं वे देशभर के सभी राज्यों के लिए एक मिसाल हैं इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं धान खरीदी प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी आज से शुरू हो गई है राज्य में धान खरीदी के लिए एक हजार नौ सौ पंचानवे और मक्का के लिए दो सौ इकसठ खरीदी केंद्र बनाए गए हैं मोटे धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ पचास रूपये और पतले धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ सत्तर रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जबकि मक्के का समर्थन मूल्य सत्रह सौ रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है